आम बजट कल शुक्रवार को पेश किया जाएगा पीयूष गोयल केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय डाक भुगतान बैंक लोगों विशेषकर ग्रामीणों के जीवन में बदलाव ला रहा है वे कल नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे डाक भुगतान बैंक को क्रांतिकारी बैंकिंग प्रणाली बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि लोगों को बैंक के जरिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए चुनाव कमेटियां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऊना जिला में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कमेटियों का गठन किया है उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई है इस समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे जबकि चुनाव आयोग के व्यय पर्यवेक्षकों को प्रभारी नियुक्त किया गया है इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला स्तर पर स्थाई समिति बनाई गई है कुल्लू जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति गठित कर दी गई है

राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बंगलुरू में उद्योगपतियों के साथ मुलाकात से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है टीवीएस टोयोटा निसान डेल और वोल्वो सहित कई कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी उद्योगपतियों को सीएम जयराम ने हिमाचल में निवेश का दिया न्यौता दिव्य हिमाचल लिखता है एमजॉन पर बिकेंगे हिमाचली उत्पाद बंगलूरू में निवेश आकर्षित करने को आयोजित रोड शो से सरकार को बड़ी कामयाबी दैनिक जागरण के शब्द हैं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश को इच्छुक दैनिक भास्कर के अनुसार उद्यमियों से बोले सीएम आप हिमाचल आएं जो सुविधाएं मांगोगे मिलेंगी जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है आईये हिमाचल में लगाइये अपना उद्योग आपका फैसला का कहना है प्रदेश में निवेश को इच्छुक उद्यमियों को हरसंभव मदद देगी सरकार वीरभद्र मामले में एक अन्य न्यायाधीश ने सुनवाई से खुद को किया अलग शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है जबकि अमर उजाला लिखता है वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपति मामले में नाराज जज सुनवाई से हटे दैनिक जागरण के अनुसार वीरभद्र सिंह की याचिका सुनने से न्यायमूर्ति का इंकार अमर उजाला ने खबर दी है शिक्षा बोर्ड अब साल में दो बार लेगा टेट जून और नवंबर में होगी परीक्षाएं

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है जेओए भर्ती पर लगी रोक दैनिक जागरण लिखता है धवाला के आरोपों की जांच करेंगे केके पंत सरकार ने प्रधान शिक्षा सचिव को सौंपा जांच का जिम्मा रिश्वत लेने के आरोप में दो बिचौलिए गिरफतार एचएएस अधिकारी को किया डिटेन हिमाचल दस्तक की एक खबर है मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमखंड गिरने का खतरा लोग उंचाई वाले इलाकों में जाने से बचें अमर उजाला लिखता है मनाली डल्हौजी कुफरी में फिर हिमपात अब एक नजर संपादकीय पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय सरकारी नियुक्तियों के अड्डे में सरकारी नौकरियों में प्रवेश को पूर्णरूप से पारदर्शी और प्रकिया को स्वतंत्र बनाने की प्रदेश सरकार को सलाह दी है